केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से हटने का भारत का निर्णय सही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई दिल्ली में की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट प्रदेश हित के मुद्दों पर किया विचार विमर्श

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन्वेस्टर्स मीट के प्रबंधों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं

इसके अलावा कई केन्द्रीय मंत्रियों का भी इसमें शामिल होने का कार्यक्रम है

इनमें दो सौ विदेशी निवेशक भी शामिल हैं उन्होंने कहा कि निजी निवेश से विकास बढ़ता है और जिन राज्यों में इस तरह के आयोजन हुए हैं उन राज्यों को लाभ हुआ है

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राज्य में निवेश की संभावनाओं को दर्शाया जाएगा उद्योग वाकनाघाट उद्योग संघ ने प्रदेश में पहले से काम कर रहे उद्योगों को इन्वेस्टर्ज मीट में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जताई है संघ के अध्यक्ष रामलाल गर्ग ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जो लोग प्रदेश में पहले से ही उद्योग चला रहे हैं उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि उद्योगों को सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं हालांकि संघ ने इन्वेस्टर्ज मीट के फैसले का स्वागत किया है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत की शर्तो के अनुरूप क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी में शामिल न होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है अनुराग ठाकुर ने आज एक ब्यान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला देश किसानों नौजवानों और एमएसएमई के हितों की रक्षा में बड़ा कदम है उन्होंने कहा कि भारत अपनी शर्तो पर अपने व्यापारिक सामरिक और आंतरिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि भारत ने आरसीईपी से हटने का निर्णय मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और समझौते की निष्पक्षता तथा संतुलन के आकलन के बाद किया है फल उत्पादक हिमाचल प्रदेश फल व सब्जी उत्पादक संघ ने भी आरसीईपी से बाहर रहने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है

राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस समझौते से बाहर आने पर हिमाचल को सबसे अधिक लाभ होगा उन्होंने कहा कि इस समझौते की सबसे अधिक मार किसानों पर पड़नी थी देवेंद्र शर्मा ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में इस समझौते में शामिल होने पर देश के हितों का ध्यान रखा जाएगा बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोगों से स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल करने का आहवान किया है ताकि आसपास के परिवेश को साफ सुथरा बनाया जा सके डॉक्टर बिंदल आज सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में विभिन्न सम्पर्क मार्गों के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष ने पड़ौसी राज्यों से सीमांत क्षेत्रों में आ रहे प्लास्टिक पर चिंता जताई और संबंधित विभाग को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए उन्होंने ये भी कहा कि कालाअंब क्षेत्र में समूचित पेयजल उपलब्ध करवाने और किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी राज्यपाल ने इस दौरान प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि हिमाचल बाढ़ बादल फटने जंगलों में आग सूखा शीतलहर और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील है उन्होंने इस सबके दृष्टिगत प्रदेश में एसडीआरएफ के आकार को बढ़ाने और इसके लिए केंद्र से शतप्रतिशत सहायता जारी करने का प्रधानमंत्री से आग्रह किया राज्यपाल ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानूपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाईन को पूरा करने के लिए भी प्रधानमंत्री से सहयोग का आग्रह किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक मजबूत बैंक के रूप में उभरा है

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कारपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में विलय करने का निर्णय लिया है इससे जहां बैंक का दायरा बढ़ जाएगा वहीं ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा तथा सुविधा भी बढ़ जाएगी

विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है

विभाग ने कहा है कि बर्फबारी के कारण मनाली लेह मार्ग पर यातायात बाधित होने तथा तापमान में गिरावट आने की संभावना है मौसम विभाग की इस एडवाईजरी को देखते हुए लाहौल स्पिति कुल्लू और मंडी ज़िला प्रशासनों ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है

उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया अजय श्रीवास्तव ने कहा कि दिव्यांगता कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है इसीलिए उन्हें सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में भी छूट दी जाती है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की प्रदेश ईकाई के संयोजक कुलदीप ठाकुर ने भी सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी स्कूलों को विद्यार्थियों को देश के नए राजनीतिक मानचित्र की जानकारी प्रदान करने को कहा है बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने स्कूलों को जारी निर्देशों में कहा है कि वह पाठयपुस्तकों नोटिस बोर्ड और विद्यालय परिसर में देश का नया मानचित्र दर्शाएं और इसी से बच्चों को पढ़ाएं भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश का नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है इसी के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है